ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया हैं भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल मतदाताओं को रिजाने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं कर अपनी अपनी जीत के दावे किए भाजपा प्रदेश भाजपा ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा को विधानसभा की सदस्यता से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर दोबारा चुनाव लड़ने की सलाह दी है पार्टी महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर और उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में अनिल शर्मा पर मंडी की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जनहित को छोड़कर परिवार को चुना है इन नेताओं ने अनिल शर्मा को भाजपा में रहने या न रहने के बारे में स्थिति जल्द स्पष्ट करने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर वे अपने पुत्र के प्रचार के लिए स्वतंत्र है मंडी कांग्रेस द्रंग कांग्रेस का एक सम्मेलन आज मंडी में हुआ जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडीत सुखराम पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने भी भाग लिया कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा ने अपने बेटे के प्रचार के लिए मंत्री पद छोड़ा है और वे आश्रय शर्मा की जीत के लिए काम करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले पांच वर्ष में देश में कोई काम नहीं किया और वोट मांगने के लिए भी पार्टी के पास कृछ नहीं है पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि उनके पिता अनिल शर्मा को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है और वे जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा से चुनाव प्रचार में जुटने का आहवान किया है शिमला में आज पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने पार्टी द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करने को कहा कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव के बाद पदाधिकारियों के कार्यों का पूरा आंकलन किया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को बेहतर दायित्व से नवाजा जाएगा उन्होंने भाजपा के कथित दुष्प्रचार का डटकर सामना करने को कहा इस बीच कुलदीप राठौर ने हमीरपुर व कांगड़ा लोकसभा क्षेत्रों के लिए सोशल मीडिया संयोजकों की नियुक्तियां की है अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता झूठे व तथ्यहीन व्यान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्ष में देश का समूचित विकास किया है और भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के दौरान ज्वलंत मुददों से भागने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विकास कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और पार्टी विकास को लेकर ही जनता के बीच जा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की कथित नाकामियों को उजागर किया है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनिल शर्मा ने भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे अनादर और दबाव के कारण ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है

जनरल डायर ने बैसाखी पर राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और शेफुदिन खिचलु की गिरफ्तारियों को शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे हजारों लोगों पर गोली चलवा दी थी भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त डोमीनिट अर्थक्ईक ने आज ही के दिन जलियावाला बाग में पहुंचकर ब्रिटिश भारत के इतिहास के इस कांड को शर्मनाक बताया और इसके लिए खेद भी जताया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जलियांवाला बाग नरसंहार घटना में मारे गए लोगों को श्रद्दाजंलि दी है उन्होंने कहा कि इन शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता रामनवमी अष्टमी और रामनवमी के मौके पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ रही और मां दुर्गा के महागौरी और सिद्विदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई सोलन के माता शुलिनी मंदिर में मां के जयकारो से वातावरण भक्तिमय बना रहा भक्तों ने कंजकाओं का पूजन कर मां का आर्शीवाद लिया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है